लेपिटनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को उत्तम युद्व सेवा पदक प्रदान किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को तेरह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सत्तानबे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा इसके लिए प्रत्याशी छब्बीस मार्च तक नामांकन भर सकते हैं इनकी जांच अगले दिन सत्ताईस तारीख को होगी और उम्मीदवार उन्तीस मार्व तक नाम वापस ले सकेंगे आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगीना अमरोहा बुलन्दशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा फतेहपुर सीकरी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी इस चरण में प्रदेश की नगीना बुलंदशहर हाथरस और आगरा सुरक्षित सीटें हैं दूसरे चरण में प्रदेश के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख मतदाता हैं जिनमें पचहत्तर लाख तिरासी हजार पुरूष चौसठ लाख बान्नवे हजार महिला और आठ सौ अठहत्तर थर्ड जेंडर मतदाता है इन क्षेत्रों में कुल आठ हजार सात सौ इक्यावन मतदान केन्द्र और सोलह हजार एक सौ बासठ मतदेय स्थल हैं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 निर्वाचन आयोग ने मुम्बई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह किसी भी सोशल मीडिया पर बिना उसके पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने के बारे में निर्देश जारी करेगा आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ आज बैठक होनी है जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा आयोग ने कहा कि देश के इंटरनेट और मोबाईल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम नई दिल्ली में बैठक हो रही है इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा इस सूची में अगले महीने की ग्यााह तारीख को इक्यानवे और अट्ठारह तारीख को सन्तानवे सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष पार्टी नेता बैठक में भाग लेंगे उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में बताया कि यह नारा द्वनिया भर में ट्वीटर पर काफी आगे चल रहा है उन्होंने बताया कि अब तक बीस लाख लोग इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं और नमो एप पर एक करोड़ लोगों ने मैं भी चौकीदार शपथ ली है इस नारे की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग जमानत पर हैं और जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें ही इस नारे से तकलीफ हो रही है प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से बराबर सहयोग मिलता रहा है जिससे गरीब और जरूरमंदो की आवश्यकता की पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर किया किया जा रहा है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि प्रसारण में नये दौर की उन्नत तकनीकों के आने से प्रसारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कल हैदराबाद में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर से प्रसारण क्षेत्र में भारी बदलाव हुआ है श्री सूर्यप्रकाश ने बताया कि दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या तेरह दशमलव चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि दर से बढ़ रही है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के अतिरिक्त द्रदर्शन को निजी चौनलों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा गुरुग्राम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अस्सवीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए श्री डोमाल ने कहा कि देश पुलवामा आतंकी हमले को भुला नहीं और न ही कभी भूलेगा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 इस बल को ऐसी साख बनाने में वर्षो की मेहनत लगी है पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना उन्नीस मार्च उन्नीस सौ पचास को हुई थी जब सरदार पटेल ने उसे ध्वज प्रदान किया था